राज्य में आठ लोगों की इस महामारी से मौत हई है

स्वस्थ होने वाले इन मरीजों में एक महिला भी शामिल थी हजारीबाग में भी चार लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई हैं इन चारों लोगों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छट्टी दी गई चिकित्सकों एवं कर्मियों ने कोरोना को मात देने वाले मरीजों के लिए ताली बजायी और उनका अभिवादन किया ठीक हुए मरीजों ने भी चिकित्सकों व कर्मियों के प्रति आभार जताया

बैंगलोर से गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह हटिया स्टेशन पहुंची इस बीच वहां पर कार्यरत रेल सुरक्षा बल की महिला कर्मी सुषमा बड़ाइक से एक महिला यात्री ने अनुरोध किया कि उसका चार माह को पुत्र भूखा है यदि उसके लिए दूध की व्यवस्था हो सके तो अच्छा रहेगा एएसआई सुशीला बड़ाइक ने बताया कि बच्चा बहत रो रहा था मैं भी एक मां हूँ मैं खूद को रोक न सकी राज्य में कोरोना को लेकर लॉक डाउन लागू होने के साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले के जमषेदपुर स्थित साकची थाना क्षेत्र में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी इस नियंत्रण कक्ष में स्थापित फोन और सोषल मीडिया के जरिये बाहर से शहर आने वाले लोगों के अलावा अन्य जरूरतमंद लोगों ने भी प्रषासन के समक्ष अपनी समस्याएं बतायीं और सेवाओं का लाभ उठाया

इस मामले में सांसद निषिकांत दुबे ने श्री राय के प्रति आभार जताया है श्री दुबे ने कहा है कि उन्होंने श्री राय से भाजपा प्रत्याषी दीपक प्रकाष को अपना वोट देने का आग्रह किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों को लेकर आज गांडेय के पूर्व विधायक जय प्रकाश वर्मा के आवास पर एक बैठक हुई सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करते हुए जिले भर के भाजपा के प्रमुख लोगों ने इस बैठक में भाग लिया

जानेमाने हिन्दी फिल्म अभिनेता सुषांत सिंह राजपूत ने आज अपने मुंबई स्थित आवास में आत्महत्या कर ली श्री सिंह बिहार के रहने वाले थे और रांची निवासी अंतराष्ट्रीय क्रिकेटर महेंन्द्र सिंह धौनी पर बनी फिल्म एमएस धौनी ऐन अनटोल्ड स्टोरी सहित कई हिट फिल्मों में अभिनेता का किरदार निभाया है श्री राजपूत के अकस्मात निधन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाष जावडेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अनेक गणमान्य लोगों ने गहरा शोक जताया है आज विश्व रक्तदान दिवस है इस अवसर पर आज राज्यभर में रक्तदान षिविर लगाए गए जमषेदपुर में अर्पण संस्था की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक सरयू राय ने कहा कि अर्पण संस्था द्वारा समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है यह रक्तदान शिविर अगले तीन दिनों तक चलेगा और करीब एक हजार यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है संस्था के मुख्य संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि सभी लोगों को रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहिए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को रक्त सही समय पर पहंचाना बहुत बड़ी मानव सेवा है इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्ज्नन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा र्न कहा कि रक्त किसी भी फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है और इसे रक्तदाता देते हैं और जरूरतमंद इसे ग्रहण करते हैं

इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है

रेडक्रॉस भवन में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में रक्त की कमी है

इधर चतरा में आज मारवाड़ी युवा मंच की चतरा शाखा द्वारा स्थानीय रेड क्रॉस परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया शिविर का उदघाटन करने के बाद उपायक्त जितेंद्र कमार सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है उन्होंने आम लोगों से भी ऐसे शिविरों में भाग लेकर रक्तदान करने की अपील की शिविर में मारवाड़ी यूवा मंच के करीब दो दर्जन यूवाओं और महिलाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया इस दौरान कई ऐसे भी यूवा रेडक्रॉस पहुंचे थे जो पहली बार रक्तदान कर रहे थे

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल प्रछ सकते हैं

घटना का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है घटना की सुचना के बाद मेराल पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी के शव को अंत्यपरीक्षण के लिए गढ़वा भेज दिया पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है